सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेण्डर और डायरी ऐप की शुरूआत की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ढ़ाई करोड़ से अधिक कोरोना की जाचं पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में नमूनों की जांच की महत्वपर्ण भूमिका है इस बात को ध्यान में रखते हए जांच कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

कोविड अस्पतालों मे व्यवस्थाओं को चुस्तद्रूस्त बनाये रखा जाय चिकित्सालयों में दवाईयों मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन के बैकअप सहित पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये मुख्यमंत्री ने सर्विलांस कार्य कान्टैक्ट ट्रेसिंग को प्रदेश में प्रभावी ढंग से संचालित रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जनपदों में किये जा रहे प्रबन्धों की नियमित मानीटरिंग की जाये और इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किये जायें उन्होंने ई संजीवनी ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को ऑन लाइन चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाये उन्होंने प्रदेश में कल से पुनः शुरू होने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों की तैयारिया पूरी करने के निर्देश दिये साथ ही सत्रह जनवरी को संचालित होने वाले पल्सपोलियो अभियान के लिए समय से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के भी निर्देश दिये देश में कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाम्यास तैंतीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सात सौ छत्तीस जिलों में कल सम्पन्न हो गया पूर्वाम्यास में राज्य जिला प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी दी गयी इस अम्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है प्रस्तावित टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में किया जायेगा प्रदेश में आगामी ग्यारह जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का अंतिम ड्राई रन होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की ग्यारह तारीख को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे

उन्होंने कहा कि सरकारी कैलेंडर कभी दीवारों की शोभा बढाते थे अब ये मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होगें उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई फाईल के माध्यम से कामकाज हो रहा है उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि यह पर्यावरण अनुकूल है ये जो सरकारी केलैंडर बना है अमी डिजिटल इसका फायदा यह है कि इसमें स्मार्ट फोन पर आयोएस या ऐंज्ञायड कुछ भी हो प्लेटफॉर्म दोनों पर वो मिलता है ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है पहले यह पंचायत तक पहुंचता था हम इतना छापते थे कागज खर्च करते थे कागज भी पेड़ से ही मिलता है तो पेड़ कटते थे अब धीरे धीरे हमारे यहां आकिर्त्स में पेपरलेस गर्वमेंस आ गया तो फाइलें भी सारी ई फाइल के रूप में चलने लगी तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ये बचत हो रहा है सूचना प्रसारण मंत्री ने कल केवल हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में कैलेंडर का लोकर्पण किया लेकिन इस महीने की ग्यारह तारीख से यह अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगें सरकारी कैलेंडर और डायरी एप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत पन्द्रह जनवरी को होगी किसान संगठनों के नेताओं के साथ आठवें दौर की वार्ता के बाद केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कल की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का समर्थन करने वाले इन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं जबकि कई अन्य किसान इन कानूनों का समर्थन करते हैं उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है लेकिन जो कानूनों के पक्ष में हैं अगर वे आग्रह करते हैं तो सरकार उनसे भी बात करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई प्रदेशों में बर्ड पलू के मामले मिलने के मद्देनजर राज्य में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में शीतकाल में हर वर्ष प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है जल्द ही वहां माघ मेला आयोजित होने वाला है इसलिए मेले के दौरान बर्ड पलू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अमियान वृह्द स्तर पर चलाया जा रहा है इस कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाये मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत धान खरीद कार्य को पूरी तेजी से संचालित किया जाये उन्होंने कहा कि खरीदे गये धान का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित किया जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थित में सुधार जारी है और नये कोरोना मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान राज्य में कोरोना के सात सौ पचहत्तर नये मामले सामने आए वहीं इस दौरान एक हजार एक कोरोना रोगी पूरी तरह ठीक हो गये प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट जारी है और इस समय प्रदेश में ग्यारह हजार पांच सौ पैंतीस कोरोना के सक्रिय मामले हैं उन्होंने बताया कि राज्य में पांच लाख इकहत्तर हजार छः सौ छः कोरोना रोगी पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिये गये हैं और अब राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर छियान्नबे दशमलव छः दो प्रतिशत हो गयी है बुलंदशहर जनपद में जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हो गयी और सोलह अन्य बीमार हो गये इस हादसे में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश सरकार ने चार आबकारी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है जिसमें एक आबकारी निरीक्षक भी शामिल है बुलंदशहर के संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन के डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और तीनों को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में त्रासदी में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करने का निर्देश दिया है उन्होंने डिस्टलरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है जो कि हादसे के बाद सवालों के घेरे में है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस दो हजार इक्कीस की तिथि और पात्रता मानदंड की घोषणा कर दी है यह परीक्षा तीन जुलाई को ऑनलाइन होगी इस वर्ष आईआईटी में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत अंक पाने की अनिवार्यता में छूट दी गई है इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा बदायूं जिले में उपैती गाँव की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस आरोपित से इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष कार्यबल को इस मामले की जांच में मदद करने के लिए आदेश दिए थे उन्होंने बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चन्द्र ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया